लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक दो हजार उन्नीस चर्चा के बाद पारित कर दिया गया कल राज्यसभा पे इस विधेयक को पारित कर दिया था राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह विधेयक कानून का रूप ले लेगा इसके पहले इस विधेयक पर चर्चा के बाद सवालों का जवाब देते हुए केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अनुच्छेद तीन सौ सत्तर कश्मीर को भारत से जोड़ने से रोक रहा था श्री शाह ने कहा कि आज से यह रूकावट खत्म हो गयी उन्होंने कहा कि विरोधी भी चाहते थे कि अनुच्छेद तीन सौ सत्तर हटे श्री शाह ने कहा कि अनुच्छेद तीन सौ सत्तर लोकतंत्र विरोधी था गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साहस की वजह से अनुच्छेद तीन सौ सत्तर का कलंक हटा है इसके लिए श्री मोदी को हमेशा याद किया जाता रहेगा लोकसभा में विधेयक पेश करने के दौरान केन्द्रीय गृह मंत्री श्री शाह ने इस संबंध में नियमों का उल्लंघन किये जाने के कांग्रेस के आरोपों का उत्तर देते हुए कहा कि कांग्रेस को आरोप लगाना बंद करना चाहिए और जम्मू कश्मीर को लेकर अपना रवैया स्पष्ट कर देना चाहिए

इससे प्रस्तावित होता है कि यह जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इसके लिए कानून बनाने के लिए यह संसद हमारी सबसे बड़ी पंचायत पूर्णतरू कॉम्पिटेंट है सभापति महोदय ये जम्मू कश्मीर के संविधान ने भी स्पष्टता के साथ स्वीकार किया है इसलिए जहां तक जम्मू एण्ड कश्मीर का सवाल है हमें कोई भी कानून बनाने के लिए या कोई भी संकल्प लेकर आने के लिए कोई नहीं रोक सकता कुछ सदस्यों के शंकाओं के जवाब में गृहमंत्री ने कहा कि वे जब भी जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हैं तो इसमें पाक अधिकृत कश्मीर और अक्साइ चिन समेत पूरा कश्मीर शामिल होता है

ये बात और हमारे संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय करी हैं और जम्मू कश्मीर के संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय करी हैं

कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने लोकसभा में चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि जिस प्रकार केन्द्र सरकार ने फैसला लेने में जल्दबाजी की है उसने कश्मीर के लोगों को अचम्भे में डाल दिया है बाईट मनीष तिवारी धारा तीन यह कहती है कि किसी भी प्रदेश को तोड़ने से पहले उनकी बाउंडरीज को चेंज करने से पहले यह अनिवार्य है कि आप उस प्रदेश की जो विधानसभा है उस प्रदेश की जो विधान परिषद है उसके साथ आप राय मशविरा करें जम्मू कश्मीर में विधानसभा है नहीं और इस संसद से यह कहा जा रहा है कि आप अपने आप से राय मशविरा करें अध्यक्ष महोदय ये संवैधानिक त्रासदी है

जम्मू कश्मीर के निवासियों ने कुछ इस तरह से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की

हम इसका वेलकम करते हैं सेंटर गवर्मेंट ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है जम्मू कश्मीर के अमन और शांति के लिए तो हम दुआ करते हैं कि स्टेट मिलटेंसी जो ये खत्म हो एम्पलॉमेंट बढ़े और आगे इसके परिणाम जो हैं वो टाइम आने पर पता चलेगा बाकी ये ऐतिहासिक फैसला था मैं रणबीर सिंह पठानीय पर्वत का भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर

एक विधान एक प्रधान और एक निशान आज उसको समपन्न हुआ है पूरे देश में पूरे जम्मू कश्मीर में केन्द्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक पर जारी बहस में भाग लेते हुए कहा कि इस निर्णय से ये एहसास स्थापित हुआ है कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है उन्होंने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि देश में अपातकाल लगाने वाले उन्हें लोकतंत्र की नसीहत न दें चर्चा में भाग लेते हुए लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद चिराग पासवान ने कहा कि अब कश्मीर के मुख्यधारा में जुड़ने से विकास के काम तेजी से होंगे उन्होंने कहा एनडीए की सरकार ने जनता से किया वायदा पूरा किया है इधर जदयू के ललन सिंह ने लोकसभा में विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हमारी पार्टी केन्द्र सरकार के साथ है लेकिन धारा तीन सौ सत्तर पर जिस जल्दबाजी के साथ निर्णय लिया गया उससे पार्टी सहमत नहीं है उन्होंने कहा कि अभी हमें आतंकवाद से लड़ना चाहिए था तब ऐसे फैसले लेने चाहिए थे उच्चतम न्यायालय में रामजन्म भूमि बाबरी मस्जिद विवाद की नियमित सुनवाई आज से शुरु हो गई है इस मुद्दे पर मध्यस्थता के प्रयास विफल रहने के बाद अदालत में अब मामले में निर्णय होने तक रोजाना सुनवाई होगी तीन सदस्यों के मध्यस्थता पैनल की रिपोर्ट पर प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने दो अगस्त को संज्ञान लिया था इससे पूर्व सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या मामले की कार्यवाही रिकॉर्ड करने के राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के पूर्व विचारक के एन गोविंदाचार्य का अनुरोध नामंजूर कर दिया राज्य सरकार ने चतुर्थवर्गीय कर्मिचारियों का वर्दी भत्ता दोगुना कर दिया है इसके साथ ही राज्य में फ्लैट खरीदते समय रेरा रजिस्ट्रेशन अब अनिवार्य नहीं होगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक में आज इस आशय का निर्णय लिया गया मंत्रिमंडल ने आर्थिक रूप से राज्य के पिछड़े गरीब परिवारों को ई रिक्शा खरीदने पर सत्तर हजार रूपये का अनुदान देने का निर्णय किया है राज्य सतर्कता अन्वेषण ब्यूरो निगरानी की टीम ने सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज के अंचलाधिकारी ध्र्व कुमार को पन्द्रह हजार रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया ब्यूरो के अधिकारी ने बताया कि अंचलाधिकारी के खिलाफ लतौना उत्तर गांव निवासी सिकंदर पासवान ने जमीन का लगान जमा करने के एवज में रिश्वत लेने का आरोप लगाया था आरोपित को पटना लाया जा रहा है जहां पूछताछ के बाद उसे विशेष अदालत में पेश किया जायेगा बिहार रणजी टीम के कप्तान आश्रतोष अमन का चयन दिलीप ट्रॉफी के लिए इंडिया ब्लू टीम में किया गया है इस टीम का चयन बीसीसीआई की वरीय चयन समिति द्वारा किया जाता है दिलीप ट्रॉफी के मुकाबले सत्रह अगस्त से आठ सितम्बर तक बैंग्लूरु में होंगे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने आशुतोष के चयन पर प्रसन्नता जताते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकांश भागों में आज दोपहर बाद मध्यम से तेज बारिश हुई मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार औरंगाबाद के रफीगंज में सबसे अधिक आठ मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गयी इसके साथ ही सुपौल किशनगंज मधेपुरा अररिया समेत सीमांचल के अधिकांश स्थानों और पटना शेखप्रा लखीसराय में भी गरज के साथ तेज बारिश हुई है लगभग सप्ताह भर के अंतराल के बाद हुई बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है मौसम विभाग के अनुसार मॉनसून सिस्टम के मजबूत होने से अगले कुछ दिनों में राज्य के अधिकतर भागों में मध्यम से तेज बारिश की संभावना है इस दौरान कुछ स्थानों पर वज्रपात की आशंका भी जतायी गयी है समस्तीपूर जिले के रोसड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत भीरहर गांव में नागपंचमी मेले के दौरान गुब्बारा भरने वाले सिलेंडर में विस्फोट से ग्यारह लोग जख्मी हो गये हैं

गोपालगंज जिला मुख्यालय स्थित परिवहन विभाग के कार्यालय में ड्राईविंग लाईसेंस समय से नहीं मिलने से आक्रोशित लोगों ने हंगामा किया

तारकेश्वर नाथ गुप्ता को समस्तीपुर नगर परिषद का दोबारा अध्यक्ष चुन लिया गया है